प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र अपने विदेश दौरे से वापस शिमला पहुंचे कहा जर्मनी और नीदरलैंड के उद्यमियों और व्यापारियों ने प्रदेश में निवेश की जताई इच्छा युवाओं का हनर तराशने और ग्रामीण शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा से मौसम का बदला मिजाज तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से राहत शपथ नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र आज सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ श्रू हुआ अस्थाई अध्यक्ष डॉ वीरेन्द्र कुमार ने नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई सबसे पहले प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण की प्रधानमंत्री के अलावा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की इनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डी वी सदानन्द गौड़ा हरसिमरत कौर बादल रविशंकर प्रसाद संतोष गंगवार और स्मृति ईरानी शामिल हैं डॉ हर्षवर्धन श्रीपद नायक तथा अश्विनी चौबे ने संस्कृत में शपथ ली वहीं प्रदेश के सभी चारों नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों अनुराग ठाकुर रामस्वरूप शर्मा किशन कपूर और सुरेश कश्यप ने भी शपथ ग्रहण की प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के इस सत्र के दौरान सभी राजनीतिक दल चर्चा में भाग लेंगे सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को अपनी संख्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है उन्होंने आशा व्यक्त की कि विपक्ष सदन में अपनी राय रखेगा और कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेगा

नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका अनुभव है कि संसद अगर सुचारू रूप से चलती है तो सरकार देशवासियों की बहुत सी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जर्मनी और नीदरलैंड में आयोजित रोड शो में राज्य सरकार को उद्यमियों और व्यापारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है अपने विदेश दौरे के बाद शिमला पहुंचने पर आज पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के निवेशकों ने कृषि बागवानी खाद्य व फल प्रसंस्करण पर्यटन और जल विद्युत जैसे क्षेत्रों में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी व नीदरलैंड के अलावा अन्य राष्ट्रों के उद्योग प्रतिनिधियों को भी धर्मशाला में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल और जर्मनी के बीच आयुर्जीनोमिक्स सटीक चिकित्सा और कृषि क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए फ्रैंक फर्ट में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए उन्होंने कहा कि नीदरलैंड में एसोचैम यूरोप के साथ कृषि बागवानी और अधोसरंचना के क्षेत्र में मजबूती व विस्तार के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनका विदेश दौरा राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सहायक सिद्व होगा इससे पहले अनाडेल पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के साढे चौदह करोड़ किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि योजना में अब एक हेक्टेयर से कम भूमि की शर्त हटा दी गई है रामलाल मारकंडा ने अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों का पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए ताकि लाहौल स्पीति इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन सके

रामलाल मारकंडा ने लोगों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने और कृषि के मशीनीकरण के लिए कृषि विभाग द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह भी किया वीरेंद्र कंवर प्रदेश में युवाओं का हनर तराशने और ग्रामीण शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना शुरू की जाएगी ये बात ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज मंडी ज़िले के करसोग में आयोजित एक कार्यक्रम में कही उन्होंने कहा कि योजना के तहत गांवों के कुशल कारीगरों की प्रतिभा निखारने और उसके सही उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा

महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है

महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने को तैयार करने के लिए खेलकृद प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है इससे पहले महेंद्र सिंह ठाकुर ने सरसका पंचायत के हवाणी गांव में संपर्क सड़क का उद्घाटन किया और जनसमस्याएं भी सुनी मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज दोपहर बाद वर्षा होने से मौसम सुहावना बना हुआ है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है कांगड़ा और चम्बा जिले के अधिकतर स्थानों में तेज हवाओं के साथ जोरदार वर्षा हुई इधर राजधानी शिमला सहित इसके आसपास के इलाकों में गरज के साथ वर्षा हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वहीं राज्य के निचले जिलों में भी हल्की वर्षा होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कृछ निजात मिली है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संत कबीर जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि कबीर जी ने सभी धर्मो में एकता को सर्वोच्च मानकर उसका प्रचार किया मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर की शिक्षाएं आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है इस मौके पर हमीरपुर स्थित संत कबीर जी के मंदिर में श्रद्दालुओं ने कीर्तन और पूजा अर्चना की बड़ी संख्या में श्रद्वालु अन्य स्थानों से भी संत कबीर मंदिर में दर्शनों के लिए पधारे थे स्वामी परमानंद द्वारा इस अवसर पर कथावाचन का आयोजन भी किया गया जिसका श्रद्वालुओं ने भरपूर आनंद उठाया संत कबीर समाज वैल्फेयर सोसायटी के अध्यक्ष पंजाब सिंह कौशल ने बताया कि हर वर्ष कबीर जी का प्रकटोत्सव यहां मनाया जाता है डॉक्टर हड़ताल भारतीय चिकित्सा संघ ने चिकित्सकों से हिंसा के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में ओपीडी को बंद रखा हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं इधर संघ की कुल्लू जिला इकाई ने मंडी के जंजैहली में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है और राज्य सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की